विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहारों के इस मौसम में बाजार से खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें साउंड बाईट जब हम त्योहार की बात करते हैं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आताहै कि बाजार कब जाना है क्या क्या खरीदारी करनी है खासकर बच्चों में तो इसका विशेषउत्साह रहता है इस बार त्यौहार पर नया क्या मिलने वाला है त्यौहारों की ये उमंग और बाजारकी चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिनइस बार जब आप खरीदारी करने जायें तो वोकल फॉर लोकलश का अपना संकल्प अवश्य यादरखें बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों कोप्राथमिकता देनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया साउंड बाईट खादी लम्बे समय तक सादगी की पहचानरही है लेकिन हमारी खादी आज इकोफ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से येबॉडी फैब्रिक है ऑलवैदर फैब्रिक है और आज खादी फैशनस्टेटमेंट तो बन ही रही है खादी की पोपुलरटीतो बढ़ ही रही है साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है मेक्सिकोमें एक जगह है ओहाका इस इलाके में कई गाँव ऐसे है जहाँ स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते है आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकीहै प्रधानमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहत सहायता करते हैं साउंड बाईट लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को औरकरीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किलहो जाता सफाई कर्मचारी घर में काम करने वाले भाई बहन लोकलसब्जी वाले दूध वाले सिक्योरिटीगार्ड्स इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भांति महसूस किया है अब अपने पर्वो में अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है मेराआग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरुरशामिल करिये राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है पहले चरण के लिये कल शाम चुनाव प्रचार थम जायेगा एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा मध्रबनी और मुजफ्फरपुर में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि राज्य में न्याय के साथ विकास के नये मानदंडों को स्थापित किया गया है उन्होंने लोगों से विकास कार्यों को और तेज करने के लिये एनडीए को जिताने की अपील की

चुनावी दौरे से पूर्व पटना में संवाददाताओं से बात करते हुये श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा के क्षेत्र में बजट का बाईस प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जायेगा

राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार पहले चरण में इकहत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिये एक हजार छियासठ प्रत्याशी मैदान में हैं इस चरण में दो करोड़ चौदह लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चूनावी सभाओं को संबोधित किया बगहा के पतिलार में एक सभा को संबोधित करते हुये श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिये विकास कार्य किये हैं उन्होंने लोगों से विपक्ष के झूठे दावों के झांसे में नहीं आने की अपील की इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे इधर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर के शाहपूर और ब्रह्मपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बांका जिले के अमरपुर में रोड शो में भाग लिया वहीं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद्ददीन ओवैसी ने शेखपुरा में ग्रैंड डेमोक्रैटिक सेक्यूलर फ्रंट के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली की भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि इकीसवीं सदी में देश महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है श्री सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश के युवा विकास की नयी इबारत लिखने के लिए अग्रसर है आज सासाराम में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होने कहा कि यह चुनाव बिहार और देश का भविष्य तय करेगा वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठना मंजूर है लेकिन नीतीश क्मार और महागठबंधन के साथ नहीं जायेंगे श्री पासवान ने सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे वहीं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के विभिन्न नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने के पार्टी के वादे पर टिप्पणी करने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि इस मामले में विपक्ष का हंगामा करना निरर्थक है उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्य भी फैसला कर सकते हैं और कुछ राज्यों ने तो निःशुल्क वैक्सीन देने का फैसला कर भी लिया है श्री प्रसाद ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव यूवाओं को दस लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं भाजपा ने समस्तीपुर में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जिला मंत्री सुन्देश्वर राम और कर्नल राजीव रंजन समेत चार नेताओं को छह वर्षो के लिए निष्कासित कर दिया है इधर जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मनोरमा प्रसाद को छह सालों के लिये निष्कासित कर दिया है अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

वहीं एलजेपी से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि भूषण कूमार निर्दलीय श्रवण कूशवाहा आरपी साहू और धिरेंद्र कूमार मुन्ना ने चुनाव को रोचक बना दिया है

रजौली सुरक्षित क्षेत्र में राजद विधायक प्रकाशवीर और भाजपा के पूर्व विधायक कन्हैया कुनार चुनावी मैदान में हैं

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दो लाख नौ सौ बीस मरीजों ने कोरोना को मात दी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत है वर्तमान में प्रदेश में दस हजार दो सौ बाईस मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं पिछले चौबीस घंटों में एक लाख उनचालीस हजार दो सौ अठारह नमूनों की जांच की गई है इस दौरान सात सौ उनचास लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी उन्होंने कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है अन्य दो वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में है साउंड बाईट भारतमें तीस वैक्सीन कैंडीडेट्स हैं सारे दुनिया में नौ वैक्सीन कैंडीडेट्स एडवांस के ट्रायल्समें हैं जिसमें से तीन भारत के एडवांस स्टेजेस में हैं एक तोक्लीनिकल फेज थ्रीके एडवांस में है और दो जो है फेज टू के एडवांस में थे और उसमें से भी एक फेज श्री में चला गया इन सबके माध्यम से तीनों के माध्यम से हमेंउम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगीऔर हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं इफ ऑल गोज वैल तो जून जुलाई से पहले हमें चार सौ से पांच सौ मिलियन डोजेज उपलब्धहो जाएंगी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है

जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं इस विषय में जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है घर में ही त्योहार मनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें राजधानी पटना सहित प्रदेशभर में दुर्गा पूजा का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है नवरात्रि अनुष्ठान के अवसर पर आज देवी दुर्गा के सिद्विदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई भक्तगण पूरी आस्था के साथ माँ दूर्गा की अराधना कर रहे हैं पूजा को लेकर मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है पूजा के दौरान प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित कोविड मानदंडों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महानवमी पर माँ दूर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जा रही है उन्होंने माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर एक के लिए सफलता की कामना की राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन